मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर राज्य के वैसे मजदूर जो विभिन्न राज्यों में फंसे हैं उन्हें चिन्हित कर आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी श्री सोरेन आज झारखंड मंत्रालय के सभागार में प्रवासी मजदूरों को सहायता पहंचाने के लिए मुख्यमंत्री विषेष सहायता योजना के तहत मोबाईल एप्प के लॉचिंग कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एप्प के माध्यम से प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचायी जा सके उन्होंने कहा कि वैसे तो राज्य सरकार कोरोना वायरस के शुरूआती दिनों से ही अपने सीमित संसाधनों के साथ विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है लॉकडाउन के प्रथम चरण के दौरान भी अधिकारियों की टीम द्वारा बाहर फंसे मजदूरों को सुखा राषन पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यो से लगातार समन्वय बनाया गया उन्होंने विष्वास जताया कि मोबाईल एप्प प्रवासी मजदूरों की सहायता में सार्थक साबित होगा

श्री अग्रवाल आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के विश्व स्वास्थ्य संगठन की राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क टीम की सेवाओं का उपयोग करने के लिए देश की मौजूदा निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की आदत अपनाने के लिए परामर्श जारी किया गया है

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का अनुपालन राज्य सरकारों द्वारा कड़ाई से किया जा रहा है

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तैंतीस स्थित बुंडू तमाड़ इलाके में लॉकडाउन के दूसरे चरण का सख्ती से पालन कराया जा रहा है जिला प्रषासन द्वारा सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट बनाये गये हैं और सुरक्षा बलों के साथ साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है आवष्यक माल वाहकों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है प्रषासन द्वारा संदिग्धों को थाना ले जा कर प्रछताछ की जा रही है और जरूरत के अनुसार प्राथमिक जांच के साथ साथ क्वारेंटीन में भी रखा जा रहा है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

श्री महतो आज समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए इस मौके पर विधायक इरफान अंसारी जामताड़ा के उपायुक्त सहित कई अधिकारी मौजूद थे देशभर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या बारह हजार तीन सौ अस्सी तक पहुंच गई है जबकि कोरोना संक्रमण से अबतक चार सौ चौदह लोगों की मौत हो चुकी है

एक हजार चार सौ नवासी रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है

इधर राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अट्टाइस हो गई है राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से कल एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला हैं इस तरह रांची में हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी से अबतक चौदह कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इसके अलावा बोकारो में नौ हजारीबाग में दो और कोडरमा सिमडेगा तथा गिरिडीह में एक एक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी हैं कोरोना संदिग्धों के अभी तक तीन हजार साठ सैंपल लिए जा चुके हैं इनमें से दो हजार छह सौ तीन सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है वैष्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पष्चिमी सिंहभूम जिला प्रषासन द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा का कहना है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि जिला प्रषासन के आदेषों का अनुपालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ अबतक तीस से अधिक प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं जबकि एक सौ सत्तर से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने बताया कि अगले सात दिनों तक लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सख्त कार्रवाई का निर्देष दिया गया है ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके खूंटी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रणव पाल ने आज खूंटी में राषन के नाम पर तम्बाक उत्पादों की आपूर्ति करने वाले एक आरोपी को हिरासत में लिया है अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि आरोपी राषन दुकानों में राषन वितरण के लिए जिला प्रषासन द्वारा पास निर्गत कराकर राषन के नाम पर तम्बाकू उत्पादों का कारोबार कर रहा था प्रषासन ने वाहन जांच के दौरान आरोपी को पकड़ा है गुमला जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दूसरे चरण में प्रषासन ने और सख्ती बढ़ा दी है हालांकि इस दौरान सरकार की योजनाओं से स्थानीय लोग काफी खुष हैं उनका मानना है कि संकट की इस घड़ी में दो महीने का राषन और उज्जवला योजना के तहत निःषुल्क गैस सिलेंडर रक्षा सुत्र का काम कर रही है गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के दो नाबालिग य्वतियों के साथ द्ष्कर्म के मामले में दो लोगों के खिलाफ भादवि पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है पीड़िताओं के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों नाबालिग युवतियों को मेडिकल जांच के लिये गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया है

जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभुकों को निःषुल्क रसोई गैस दी जा रही है कोडरमा के उपायुक्त रमेष घोलप ने कहा है कि क्वारेंटीन सेंटर में चौदह दिनों की अवधि पूरी कर चुके संदिग्धों को स्क्रीनिंग के बाद और चौदह दिन के होम क्वारेंटीन की इजाजत दे दी गई है रांची के हिंदपीढ़ी मौहल्ले से लोहरदगा पहुंचे सातों लोगों के खिलाफ लोहरदगा थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने इन लोगों को आइसोलेषन सेंटर में भेज दिया है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रमजान महीने के दौरान मस्जिद दरगाह इमाम बाड़ा और ईदगाह जैसी जगहों पर सामूहिक रूप से जमा नहीं होने की अपील की है इस महीने के अंत में रमजान का पवित्र माह शुरू हो रहा है रांची के उपायुक्त राय महिमापतरे ने लोगों से लॉकडाउन का अनुपालन करने की अपील की है